प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़ी पिछले छत्तीस घंटों में तीन हजार चौसठ नये मरीजों के सापेक्ष चार हजार दो सौ उन्हत्तर मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना चाहती है इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं कल सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने यह बात कही

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीक के जरिये क्नेक्विटी बढाई है जिससे प्रशासन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढी है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश के प्रत्येक गांव में इंटरनेट की सुविधा हो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे सरल तरीके खोजने होंगे जिससे दिव्यांगजनों का जीवन आसान बन सके रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए केन्द्र सरकार ने पहली अक्टूबर दो हजार उन्नीस से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से साधारण परिवार पेंशन लेने के लिए सात वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है सात साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि पहली अक्टूबर दो हजार उन्नीस से लागू होगी इसके अलावा पहली अक्टूबर दो हजार उन्नीस से पहले दस वर्ष के अंदर सात साल की निरतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से परिवार पेंशन के पात्र होंगे बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर पर की जाती है जबकि सामान्य रूप से इसकी गणना अंतिम वेतन के तीस प्रतिशत पर की जाती है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कृषि सुधार कानून देश के करोड़ों किसानों के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि की गारंटी हैं इन कानूनों से किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी और वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगे कल मुरादाबाद जिले के लोधीपुर गांव में किसान चौपाल के दौरान उन्होंने किसानों से यह बात कही श्री नकवी ने कहा कि कृषि आधारित भारत किसान कल्याण केन्द्रित राष्ट्र के पथ पर बढ़ गया है जहां किसानों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मान मिल रहा है और अपनी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं श्री नकवी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्वि के लिए प्रतिबद्ध है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा करार सम्बंधी मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाएं अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से किसानों को अपनी उपज बेचने और लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान बेचने वाले किसानों के खाते में हर दशा में धनराशि बहत्तर घंटे के अन्दर हस्तांतरित हो जानी चाहिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने धान क्रय केन्द्रों पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जाये जिससे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहे केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देशभर में प्राणि उद्यानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा ताकि चिड़ियाघर देखने जाने वाले लोगों के अनुभव बेहतर हो सकें श्री जावड़ेकर ने वन्य जीव सप्ताह दो हजार बीस में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए बच्चों के साथ बातचीत की और प्राणि मित्र प्रस्कार प्रदान किए उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को बढावा देने के प्रयास किए जायेंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है नेशनल हाइवे जो बनते हैं उसके थोड़े थोड़े अन्तर पर सीमेंट के एक छोटा प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं ताकि उस प्लेटफॉर्म पर आकर वो बैठ सकें और गर्मी पा सकें लेकिन सड़क पर नहीं आएंगे तो मरेंगे नहीं ये भी एक अच्छा प्रयोग शुरू हुआ दूसरा प्रश्न था काजीरंगा में जो प्राणी आते हैं खासकर गैंजा भी है बाकी भी प्राणी हैं वो पूर्व जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद बड़ा प्रोब्लम आता है इसके लिए हमने एक नया उपाय किया हाईलाइन्स बनाने का मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिये राज्य में जारी विकास कार्यो में बाधा पहंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने टवीट संदेशों में पुलिस से महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है उधर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाथरस मामले से संबंधित आपराधिक षडयंत्र और राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा को उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है हाथरस जिले के चांदपा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस प्राथमिकी में आपराधिक षडयंत्र और सुचना तकनीक अधिनियम दो हजार आठ की धाराओं सहित बीस धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बडी साजिश रची गई तथा इस मकसद से विदेशी लिंक सहित एक वेबसाइट भी बनाई गई थी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड नाइन्टीन की रिकवरी दर सत्तासी प्रतिशत से भी अधिक हो जाने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह संक्रमण से बचाव व उपचार की व्यवस्था को बनाए रखें मुख्यमंत्री कल अपने लखनऊ स्थित आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भूमिका महत्वपूर्ण है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है नये मरीजों के मुकाबले राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है पिछले छत्तीस छत्तीस के दौरान प्रदेश में तीन हजार चौसठ कोरोना के नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान चार हजार दो सौ उन्हत्तर लोग कोरोना से ठीक हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक तीन लाख छाछठ हजार तीन सौ इक्कीस लोग कोरोना से स्वस्थ हुए है इस समय प्रदेश में कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या पैंतालीस हजार चौबीस हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से तिरसठ लोगों की मौत हुई है और अब कोरोना से राज्य में मरने वालों की संख्या छह हजार बाननवे हो गई है प्रदेश में अब तक एक करोड़ आठ लाख पच्चासी हजार पांच सौ बीस कोरोना नमूनों की जांच की गई है जिनमें से चार लाख सत्रह हजार चार सौ सैंतीस लोगों के नमूने पॉजिटिव पाये गये सिद्वार्थनगर जिले में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिद्वार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्वार्थनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि भगवान बुद्ध की कर्मस्थली होने के कारण नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर भगवान बुद्ध के नाम पर किया जाना क्षेत्र के लोगों की आकाक्षाओं के अनुरूप है कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित रहे सहारनपुर लोकसभा सीट से पांच बार सांसद रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री रशीद मसूद का लम्बी बीमारी के चलते कल निधन हो गया वह तिहत्तर वर्ष के थे श्री मसूद के निधन पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत रहे प्रख्यात रंगकर्मी विलायत जाफरी का कल सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया वे सत्तासी वर्ष के थे